श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश में कम प्रदूषण फैलाने वाले हरित पटाखों का विकास एक ऐतिहासिक कदम है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि गांधीजी के विचार और और सोच आज भी जीवंत है उनके द्वारा अपनाया गया सत्य और अहिंसा का मार्ग ही देश और दुनिया में अमन चैन की रक्षा कर सकता है आज जोधप्र में महात्मा गांधी की डेढ़सौवीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित मैं भी गांधी हूं कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बापू के संदेशों को दिल से अपनाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव शहर गरीब अमीर छात्र और आम लोग बापू के संदेश को आत्मसात करें और एक दूसरे को इसके लिए प्रेरित करें

चित्तौडगढ के बेगूं में आज गांधी संकल्प यात्रा निकाली गई इस मौके पर सांसद सी पी जोशी ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने और स्वच्छता का संकल्प दिलाया

इस अवसर पर बूंदी में मूक बधिर बालकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया करौली में हुए समापन समारोह में मूक बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यकम पेश किए

इस दिन सिद्धिदात्री रूप में महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है इस मौके पर मन्दिर और घरों में विशेष धार्मिक आयोजन किए गए हैं इस बीच नवरात्रि के आखिरी दिन आज सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथमाता के मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए श्रीगंगानगर में नवरात्रि के अंतिम दिन घर मंदिर्रो में पर्व का उल्लास नजर आया मंदिरों में मां दुर्गा की मूर्ति विशेष रूप से सजाई गई सुबह महा आरती का आयोजन किया गया झालावाड जिले में आज शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन आज सभी जगह स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं को विसर्जित किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं जिले के असनावर के पास मां राता देवी के धाम पर विशेष प्रजा अर्चना की गई और भंडारों का आयोजन किया गया है

इस दौरान प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर रावण मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन किया जाएगा

श्री मीणा ने आज जयपुर में जिले की खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जयपुर शहर में विशेष अमियान चलाकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की वर्तमान कवरेज का प्रतिशत बढाने के निर्देश दिए उन्होंने पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ने के लिए दशहरे के तुरन्त बाद जयपुर नगर निगम में जोन स्तर पर सात दिन के विशेष शिविर लगाने को भी कहा

अधिकारियों ने फसल खराबे का सर्वे कार्य शुरू कर दिया है

नागौर के परबतसर में भारी बारिश हई